केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुद्रा स्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन के पुनर्उत्थान के स्पष्ट संकेत हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए हरियाणा पुलिस ने आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान चलाया है केन्द्र सरकार ने निर्यात को बढावा देने और आवास निर्माण के क्षेत्र में सुधारों के लिए कई उपायों की घोषणा की है केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निर्यातकों को छूट देने के लिए एक नई योजना निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की माफी रो डीटीईपी की घोषणा की

आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में टैक्स की धन वापसी के लिए पुरी तरह स्वः चालित इलेक्ट्रानिक प्रणाली होगी

उन्होंने कहा कि रो डीटीईपी रियायतों के मौजूदा सिलसिले की जगह लेगी इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने संशोधित पीएसएल नियमों की घोषणा भी की जिसके तहत निर्यातकों को अतिरिक्त राशि मिलेगी मंत्री ने कहा कि निर्यात वित्त के उपर कड़ी नजर रखी जायेगी और एक अंतरमंत्रालय कार्यदल इस की निगरानी करेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुद्र स्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन के पुनरूत्थान का स्पष्ट संकेत है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए गृहमंत्री आज हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थ

उन्होंने कहा कि हिन्दी वह भाषा है जिसमें पूरे देश को एकजुट रखने की श्रमता है श्री शाह ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी देश की एक सांझी भाषा हो जो विश्व में इसकी पहचान बने उन्होंने हिन्दी को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने का आहवान करते हुए कहा कि देश भी विविध भाषायें और बोलियां इसकी शक्ति हैं गृहमंत्री ने कहा कि सरकार हिन्दी को कानून और न्याय विज्ञान एवं चिकित्सा जगत के साथ सभी क्षेत्रों की भाषा बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी उन्होंने लोगों से हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने और एक राष्ट्र एक भाषा के महात्मा गांधी औश्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को पूरा करने में योगदान की अपील की इससे पहले गृहमंत्री ने इस मौके पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए हिन्दी दिवस के अवसर पर डाइट पंचकला में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया डाइट की प्राचार्या उर्मिल देवी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई राष्ट्र उन्नती के शिखर पर पहंचा उसका रास्ता राष्ट्र भाषा से निकल कर गया है डाइट की वरिष्ठ प्रवक्ता तेजिंदर कौर ने विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा की महत्ता बताते हुए कहा कि हिन्दी को आजादी के बाद वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है

पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज जगाधरी में अंबाला रेंज के एडीजीपी आलोक राय ले वाहन चालकों को नये नियमों की जानकारी दी

एडीजीपी आलोक राय बिना हेलमेट पहने दुपहिया चालकों को संस्था की ओर से फ्री में हैलमेट भी पहनाएं एडीजीपी आलोक राय ने इस मौके पर कहा कि कानून को कायदे से लागू करने के लिए समाज में जागरूकता का होना जरूरी है उन्होंने कहा कि देखा गया है कि यमुना नगर जिले में अंबाला के मुकाबले ज्यादा दुपहिया चालक बिना हैलमेट के जा रहे हैं इस मौके पर उन्होंने वाहन चालकों को फुल भेंट कर यातायात नियमों की पालना करने की अपील की

नये नियमों के अनुसार जुर्माना होगा मिली जानकारी के अनुसार झज्जर पुलिस द्वारा आमजन को यातायात नियमों बारे जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है यह अभियान कल तक जारी रहेगा अभियान के तहत आमजन को मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधित नियमों के बारे में जागरूक किया जायेगा एवं यातायात नियमों की अवहेलना पर लगने वाले जुर्माने बारे विस्तत जानकारी दी जायेगी

इसी तरह पलवल के डीएसपी यशपाल खटाना ने भी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने द्वहिया वाहन चालकों से कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें हरियाणा के उद्योग वाणिज्य एवं कौशल विकास मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि चरखा खादी और आजादी का भी प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खादी के विश्व स्तर के ब्राण्ड एम्बेसडर हैं जिन्होंने खादी को बढावा देने के लिए नई मुहिम चलाई हई है उद्योग मंत्री पंचकला में हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष में अम्बर चरखा का अनावरण करने के लिए मौके पर संबोधित कर रहे थे

रेवाड़ी शहर की सडकों की सफाई अब इटली से मंगवाई गई स्पेशल स्वीपिंग मशीन से होगी इस मशीन को रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने रवाना किया इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस मशीन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपए है तथा इस मशीन की खासियत यह है कि यह स्वीपिंग मशीन सडकों पर मिद्दी को भी ऑटोमेटिक तरीके से उठा लेती है प्रदेशभर में रेवाडी ऐसा पहला जिला बन गया है जिसकी नगर परिषद के पास सफाई व्यवस्था के लिए स्वीपिंग मशीन है उन्होंने कहा कि हमें साफ सफाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा घरों से कड़ा उठवाने के लिए डोर दू डोर अभियान चलाया हुआ है तथा लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए

इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं